राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तैतीस हजार के करीब पहुंची अब तक लगभग तेईस हजार लोग स्वस्थ हुए चीफ ऑफ डिफेन्स जनरल विपिन रावत ने नई शिक्षा नीति को सराहा कहा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सेना में शामिल होने में मिलेगी मदद महाविद्यालयों में पांच अगस्त से शुरू होगी ई प्रवेश की प्रकिया

मास्क अभियान प्रदेश में कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिये कल से एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान भी शुरू किया गया है

नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कल सागर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर अनेक नगरीय निकायों के लिये प्रचार रथ रवाना किये गये श्री सिंह ने बताया कि दानदाताओं और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से सभी नगरीय निकायों में मास्क बैंक स्थापित किये जाएंगे यहां पर लोग मास्क दान कर सकेंगे और यहां से अशासकीय संगठन और नागरिक मास्क प्राप्त भी कर सकेंगे प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्याा तैतीस हजार के करीब पहंच गई है

धार में छह नये संकमितों के साथ मरीजों का आंकड़ा चार सौ के पार पहुंच गया है वहीं इनमें से तीन सौ छब्बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं डिण्डौरी में दस लोगों में संकमण की पुष्टि हुई है वहीं ग्वालियर में एक सौ चौबीस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मुरैना में अड़तीस संक्रमितों के साथ मरीजों की कुल संख्या एक हजार छह सौ छब्बीस हो गई है

मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे ने बताया है कि जिले में कल चौदह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिले में आज पूर्णबंदी लागू रहेगी

वहीं दमोह में छह नये मरीजों के साथ संकमितों की संख्या दो सौ के पार पहुंच गई है खरगौन में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच जिले की सीमाओं पर तेरह चेकपोस्ट बनाये गये हैं जिनसे बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जायेगी नीमच में कल प्राप्त दो सौ सैतीस नमूनों की रिपोर्ट में बीस लोगों में संकमण की पुष्टि हुई श्योपुर में कल ग्यारह लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज फूल लॉकडाउन किया गया है वहीं कल मनाये जाने वाले रक्षाबंधन पर्व को लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आकाशवाणी के जरिए लोंगो से घरो में ही रहकर त्यौहार मनाने की अपील की है

उन्होंने कहा कि लॉक डाउन कोरोना का स्थाई समाधान नहीं है कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा यानि एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखेगा इसी के माध्यम से संक्रमण की चेन ट्रटेगी

जनरल रावत ने कहा कि नयी शिक्षा नीति सभी स्तरों पर सीखने के तौर तरीके को निखार देगी जनरल रावत के अनुसार इस तरह के बदलाव से सशस्त्र बलों को ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ढूंढने में मदद मिलेगी जो बेहतर और व्यावहारिक रूप से सैनिक बनने के नजरिये के अनुरूप है

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कोरोना संकमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रकिया संचालित करने के निर्देश दिये हैं